और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पारे में उतार चढ़ाव का क्रम जारी

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियां शुरू से बिहार विरोधी रही हैं जमुई में लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि सिर्फ सत्ता के लिये जीने वाली कांग्रेस ने बिहार को बूरी स्थिति में छोड़ दिया था लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और रविशंकर प्रसाद समेत बिहार की टीम ने राज्य को आगे बढ़ाया श्री मोदी ने कहा कि आज प्रदेश में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है प्रधानमंत्री ने परोक्ष रूप से महागठबंधन विशेष रूप से राजद पर निशाना साधते हुये कहा कि आपातकाल के दौरान जो लोग कभी जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाते थे वे आज उसी कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गये हैं मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गया में चूनाव को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनायेंगे उन्होंने जनता से अपील करते हुये कहा कि एनडीए की केंद्र और राज्य सरकार ने न्याय के साथ विकास करते हुये हर क्षेत्र और हर तबके की सेवा की है इसलिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा मौका मिलना चाहिये पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिये चुनाव प्रचार का शोर बढ़ गया है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आरक्षण पर गुमराह करने वालों की इस चुनाव में दाल नहीं गलेगी राजद नेता तेजस्वी यादव ने रोजगार के मोर्चे पर केन्द्र एवं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गरीबों को मतदान से वंचित करने की साजिश करने का आरोप लगाया है भाकपा माले ने राज्य की चौंतीस सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों को समर्थन देने की घोषणा की है पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्या ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुये बताया कि उनका दल राज्य की चार सीटों आरा काराकाट सिवान और जहानाबाद पर उम्मदीवार खड़ा करेगा उन्होंने कहा कि पार्टी दो अन्य सीटों पर वामदलों का समर्थन करेगी गौरतलब है कि राजद ने आरा सीट भाकपा माले के लिये छोड़ दी है वहीं माले ने भी पाटलिपुत्र सीट पर राजद की मीसा भारती को समर्थन देने की बात कही है चुनाव आयोग आज बिहार के पहले तीन चरण के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा निर्वाचन आयोग के बिहार प्रभारी और उप निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये तैयारियों का जायजा लेंगे इसमें बिहार के मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास अपर मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी बाला मुर्गन डी समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी और पहले तीनों चरणों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी शामिल होंगे राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे ने कहा है कि राजद से अलग होकर लालू राबड़ी मोर्चा गठित करने के मामले में तेजप्रताप यादव पर कार्रवाई को लेकर पार्टी में विमर्श किया जायेगा उन्होंने कहा कि इस संबंध में चर्चा के बाद कोई कार्रवाई की जायेगी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र और महुआ से विधायक तेजप्रताप यादव और उनके निजी सहायक को जान से मारने की धमकी मिली है पूर्व मंत्री श्री यादव ने राजधानी पटना के सचिवालय थाने में इस सिलसिले में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है निर्वाचन आयोग ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने में ढिलाई बरतने और निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर पत्र लिखा है पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव के नवगठित लालू राबड़ी मोर्चा से बागी उम्मीदवार चंद्र प्रकाश ने जहानाबाद से अपनी उम्मीदवारी घोषित कर दी है

पाटलिपूत्र और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से मतदाता बनने के लिये दस अप्रैल तक ही ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे पटना जिला प्रशासन ने रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने वाली समितियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि जुलूस में किसी पार्टी का संदेश या अपील जारी ने करें अन्यथा प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जायेगी लोकसभा चूनाव में अधिक से अधिक मतदान सूनिश्चित करने के लिये राज्यभर में मतदाता जागरूता अभियान चलाया जा रहा है पटना में बाल विकास परियोजना धनरूआ के प्रांगण में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये रंगोली प्रतियोगिता का अयोजन किया गया पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी रमन कुमार ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत बाइक रैली निकाली इस रैली के जरिये उन्होंने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की इसके अलावा अरेराज संस्कृत हाई स्कूल के प्रांगण में मतदाता संवाद जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया नवादा में मतदाताओं को जागरूक करने के लिये मतदाता जागरुकता पैदल मार्च रैली निकाली गई जिले में स्कूली बच्चों ने पदयात्रा कर आम मतदाताओं से ग्यारह अप्रैल को वोट करने की अपील की मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शेखपुरा जिले में साइकिल रैली का आयोजन किया गया रैली का नेतृत्व जिलाधिकारी इनायत खान ने किया राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तापमान में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है पिछले अड़तालीस घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत आसपास के क्षेत्रों में उच्चतम और न्यूनतम तापमान में रिकॉर्ड कमी और बढ़ोतरी दर्ज की गयी मौसम विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटे में पटना और आसपास के इलाकों में तापमान में एक दशमलव छह डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गयी इधर गया का अधिकतम पारा एक बार फिर छत्तीस डिग्री के पास पहुंच गया जबकि दोनों स्थानों पर न्यूनतम तापमान में भी एक से दो डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गयी मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज भी तापमान में वृद्धि होगी और गर्मी बढ़ेगी साथ ही पटना को छोड़कर राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाये रहने की संभावना है आर्मी ब्वॉयज दानाप्र पटना जिला हॉकी संघ और मूजफ्फरप्र की टीमें वैशाली के गोरौल में आयोजित राज्य स्तरीय सब जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गयी हैं मध्बनी के राजनगर ग्राउंड पर खेले गये हेमन ट्रॉफी अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट में बेगूसराय ने मध्रबनी को एक विकेट से पराजित कर दिया भागलपुर जिले के अकबरनगर थाना क्षेत्र में बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में थानाध्यक्ष सहित छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है गोपालगंज जिले के फुलबरिया अंचल में पदस्थापित नाजिर शिव नारायण मंडल के खिलाफ ग्यारह लाख रूपये से अधिक की राशि के गवन का मामला दर्ज कराया गया है पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता यमुना राम का कल पटना में निधन हो गया उनका अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक स्थान फारबिसगंज में किया जायेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल लालजी टंडन ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस पेंशन के लिये कर्मचारियों की आखिरी पूरे वेतन से अंशदान करने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुर्खी बनाते हुये लिखा है मोदी बोले भारत को आंख दिखाने वालों से नर्मी नहीं प्रभात खबर ने इसी खबर का शीर्षक दिया है पांच वर्षो में बहुत काम हुये जो बच गये हैं उन्हें आपका यही चौकीदार पूरा करेगा दैनिक जागरण का शीर्षक है प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अब मिलेगी अच्छी खासी पेंशन दैनिक भास्कर ने कांग्रेस घोषणा पत्र को सुर्खी बनाते हुये लिखा है राहुल का राज पत्र

और राज्य के विभिन्न हिस्सों में पारे में उतार चढ़ाव का क्रम जारी